प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरे देश ने आज जनता कर्फयू का पालन स्वैच्छिक रूप से किया यह अभियान सुबह सात बजे से शुरू होकर आज रात नौ बजे समाप्त होगा इस दौरान आवश्यक सेवाओं और बिक्री की वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं स्थगित हैं प्रधानमंत्री की अपील पर आज शाम पांच बजे निर्बाध सेवा में लगे लोगों के प्रति पूरे देश की जनता ने अपने घरों के दरवाजे और बाल्कनी में ताली और घंटी बजाकर उनके प्रति आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री की अपील पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए राज्यभर में आमजनों का भरपूर समर्थन मिला शाम पांच बजे लोगों ने घरों के दरवाजों पर ताली बजाकर आकस्मिक सेवाओं में लगे लोगों के प्रति आभार प्रकट किया रांची खुंटी और रामगढ से हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट

विस्तृत रिपोर्ट के साथ हमारे संवादाता

पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ सरायकेला खरसावां जिले से हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट

हमारे संवाददाता की रिपोर्ट

हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट

हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि सभी जिला उपायुक्त स्वास्थ्य विभाग के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करे उक्त निर्देश का पालन उपायुक्त अपने स्तर से पूरा करेंगे यह सुनिश्चित करेंगे कि रात में किसी तरह का कार्यक्रम या लोगों का जुटान न हो मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग कोरोना वायरस से संबंधित अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें वर्तमान सरकार हर एक की सुरक्षा हेतु जरूरी कदम उठा रही है पंचायतों में आइसोलेशन वार्ड तैयार करने का निदेश दिया जा चुका है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने केंद्रीय मानव संसाधन विभाग से आग्रह किया है कि देश में कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति में यात्रा करना मुनासिब नहीं है इसलिए झारखण्ड समेत देश के अन्य राज्यों के छात्रों को हो रही परेशानी को समझते हुए छात्रावासों को बंद ना करने की हिदायत दी जाए मुख्यमंत्री ने झारखंडवासियों से कहा कि अपने अपने घरों में रहना कोरोना वायरस को रोकने का सबसे अच्रक हथियार है राज्य की जनता अपने आस पास रह रहे गरीबों की यथा सम्भव मदद करे देवघर के अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर की अध्यक्षता में आज पुणे से आये यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की गई यात्रियों की जसीडीह रेलवे स्टेशन पर उतरने की सूचना मिलने पर जिला सर्विलेंस टीम द्वारा त्वरित कार्य करते हुए सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनर से जाँच की गयी

अन्तर राज्यीय बसों का परिचालन भी पूरी तरह बंद रहेगा